मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्वता दोहराई

उत्तर प्रदेश सभी जिला अस्पतालों में वेंटीलेटर सहित बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना प्रदेश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण से अब तक एक हजार दो सौ पचास लोग स्वस्थ हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वह ऐसा करना जारी रखेगा उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा श्री मोदी ने यह बात कल बुद्व पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही यह कार्यक्रम कोरोना योद्वाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दुढ़ता से खड़ा है भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है लाभ हानि समर्थ असमर्थ से अतग हमारे तिये संकेट की ये घड़ी सहायता करने की है जितना समर्थ हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है श्री मोदी ने कहा कि बुद्व भारत में सिद्धि और आत्म सिद्धि दोनों के प्रतीक हैं उन्होंने कहा कि आत्म सिद्धि की भावना से ही भारत मानवता और विश्व समुदाय के हित में काम कर रहा है बुद्द भारत के बोध और भारत के आत्म बोध दोनों के प्रतीक हैं इसी आत्म बोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्व सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने कानून व्यवस्था बनाये रखने संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाये रखने के लिए चौबीसों घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्धा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से प्रदेश वापस लौटे प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रवासी कामगार किसी भी हाल में पैदल यात्रा न करें उन्होंने राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों को विशेष रेलगाड़ियों और बसों के माध्यम से प्रदेश वापस लाने की सरकार की प्रतिबद्वता दोहरायी मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने तथा जनपदों में सैनिटाइजेशन का काम निरन्तर जारी रखने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने प्रदेश में गेहूं खरीद के सभी मंडी स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और पर्याप्त साफ सफाई के भी निर्देश दिये हैं प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डॉक्टर सतीश चन्द्र द्विवेदी ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के उन्हत्तर हजार पदों पर साठ और पैंसठ प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णंक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने के उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं श्री द्विवेदी ने बताया कि उन्हत्तर हजार सहायक अध्यापक पद के लिये भर्ती परीक्षा में कुल चार लाख तीस हजार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था जिसमें चार लाख दस हजार चार सौ अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड नाइन्टीन संक्रमण के इलाज के लिए सस्ते दर पर वेंटिलेटर बना रहा है इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है

गम्मीर रूप से पीड़ित मरीजों की जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभाने के साथ ही ये वेंटिलेटर इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे अग्निम मोर्चे पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सकेंगे सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर सहित बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य हो गया है राज्य के सभी पचहत्तर जिले कोविड नाइन्टीन के मरीजों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाए प्रदान कर सकते हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर चौबीस हो गई है राज्य में कोविड अस्पतालों में वेंटीलेटर युक्त बिस्तरों की संख्या लगभग एक हजार तीन सौ है प्रदेश सरकार ने नॉन कोविड अस्पतालों से मरीजों का उपचार शुरू करने को कहा है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि ऐसे समय में जब बड़ी संख्या में लोग नॉन कोविड बीमारियों से जूझ रहे हैं अस्पतालों को आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए उन्होंने कहा कि कम्युनिटी सर्विलांस की मदद से ही लोगों को कोविड वायरस के संक्रमण से बचाया जा सकता है इसके लिए सरकार ने गांवों में ग्राम निगरानी समितियां गठित की हैं ये समितियां दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों पर उनके क्वारंटीन में रखे जाने के दौरान नजर रखेंगी और इसके बारे में प्रशासन को सूचित करेंगी राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर एक आठ शुन्य एक आठ शुन्य पांच एक चार पांच जारी किया है जिस पर कोविड नाइन्टीन से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और नॉन कोविड समस्याओं के बारे में भी संबंधित चिकित्सक से सलाह ली जा सकती है आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चिकित्सीय अनुसंधान कार्यक्रम श्रू किया है जिसके अंतर्गत कोविड नाइन्टीन की रोकथाम और इलाज के लिए आयर्वेदिक दवाओं के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा इस अनुसंधान में अश्वगंधा यष्टिमधु गुडुचि और पिप्पली जैसी जड़ी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों से बीमारियों के इलाज के बारे में पता लगाया जाएगा आयुष मंत्री श्रीपद नाइक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ इस अनुसंधान परियोजना का शुभारंभ किया इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत बीमारियों की रोकथाम में आयुष दवाओं के उपयोग के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा आयुष संजीवनी ऐप के जरिये कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की लोकप्रियता का आकलन भी किया जा सकेगा उधर प्रदेश के आयुष विभाग ने आयुष कवच कोविड ऐप विकसित किया है इस ऐप के माध्यम से लोगों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से इस ऐप को डाउनलोड करने और इसका उपयोग करने की अपील की है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है राज्य में अब तक एक हजार दो सौ पचास मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं संक्रमण से अब तक बासठ लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ उन्सठ है राज्य में कल कोरोना संक्रमण के तिहत्तर नए मामले सामने आये जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार इकहत्तर हो गई है कल आगरा में सबसे अधिक पन्द्रह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई इसके अलावा मेरठ में दस हापुड़ में सात लखनऊ और गाजियाबाद में छः छः बांदा अलीगढ़ और सिद्वार्थ नगर में तीन तीन अमेठी गोण्डा मैनपुरी रामपुर मथुरा और हाथरस में दो दो तथा मुरादाबाद बरेली फिरोजाबाद रायबरेली बिजनौर और संभल में एक एक मरीज में कोविड नाइन्टीन संक्रमण मिला है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत काम को हरी झंडी दे दी है प्रदेश में भी मनरेगा के काम शुरु हो गए है इससे जहां कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है वहीं लॉकडाउन में पलायन कर आए प्रवासी मजदूरों को भी सहारे की उम्मीद है मेरठ के सात विकास खण्डों की एक सौ ग्राम पंचायतों में भी बुधवार से मनरेगा का काम शुरू हो गया है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल अपनी प्रमुख ब्याज दर में पंद्रह आधार अंकों की कटौती कर की है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऊंची ब्याज दर वाली विशेष जमा योजना शुरू की